उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में रक्तदाताओं द्वारा किया जा रहा प्रयास बहत ही सराहनीय है महामारी के समय रक्तदान का महत्व बहत बढ़ जाता है मुख्यमंत्री ने युवा वर्ग सहित स्वस्थ लोगों से रक्तदान करने की अपील की श्री सोरेन ने कहा कि लोगों द्वारा दान दिए गए रक्त का एक एक ब्रंद किसी को नया जीवन दे सकता है मुख्यमंत्री ने रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में रक्तदान करने के बाद कहा कि रक्तदान बहुत पुण्य का कार्य है

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में अब तक छियासी हजार तीन सौ सड़सठ लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रांची स्थित प्रादेशिक लोकसंपर्क ब्यूरो के अतिरिक्त गुमला धनबाद दुमका और डालटेनगंज की क्षेत्रीय लोकसंपर्क इकाइयों भी हार्डिंग्स बैनर्स एवं सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों के द्वारा लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं सड़कों और बाजारों में अब एक बड़ी संख्या में लोग मास्क पहने नजर आते हैं प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह के नेतृत्व में रांची के उन स्थानों पर जहां आम जनता की आवाजाही ज्यादा है जैसे पहाड़ी मंदिर हिंनू क्लब डोरंडा सरकारी अस्पताल एवं इनकम टैक्स के कार्यालय आदि पर होर्डिंग्स के द्वारा लोगों को जन आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है केन्द्र सरकार ने कोरोनो वायरस के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों को आवश्यरक निर्देश जारी किये हैं

उन्होंने कहा कि दवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की द्निया में विश्वसनीय साख है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर नाबार्ड द्वारा वित्त प्रदत्त मेरा पैड मेरा अधिकार योजना का ऑनलाइन उदघाटन आज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किया गया

झारखण्ड का प्रतिनिधित्व पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड के धतकीडीह गांव के मां लक्ष्मी महिला समूह का चयन किया गया है

इस अभियान को व्यापक बनाने के लिए श्री ठाकुर ने सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हैण्ड वासिंग यूनिट वितरित करने की योजना का भी ष्मारंभ किया एक अन्य कार्यक्रम का आयोजन नामकम प्रखण्ड के चन्दाघासी पंचायत में किया गया जहां मंत्री श्री ठाक्र ने विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए लोगों से हाथ धोने की अपील की देश के महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन एवं युवाओं के प्रणेता भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें याद किया उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान देने वाले डॉ अब्दुल कलाम आज भी सबके दिलों में बसे हैं उनकी मेहनत और सफलता की ओर अग्रसर रहने की चाह ने कितनों को प्रेरणा दी है

इस दौरान समिति और परिषद के सदस्य राजधानी रांची के सड़कों पर काफी संख्या में निकलकर चक्का जाम कराया इस कारण शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों पर लंबा जाम लग गया इसके चलते आम लोगों को काफी परेशानी हुई

जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पुलिस टीम ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतर जिला गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफतार किया

इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है

उनके पार्थिव शरीर को आज पैतृक गांव लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया